मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने उठाए प्रभावी कदम प्रदेश में उल्लास के साथ मनाया गया विजय दशमी पर्व कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज से शुरू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

आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि द्वनियाभर में भारतीय उत्पादों को अधिकाधिक पसन्द किया जा रहा है और अनेक ऐसे स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें वैश्विक बनने की क्षमता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौर में हमें लॉकडाउन की अवधि को भी याद् रखना चाहिए जब हमें ऐसे लोगों के महत्व का पता चला जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी काफी सहायता करते हैं

रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान हर संभव केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र के साथ निकट संपर्क बनाए रखा उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि महामारी के कारण राज्य में विकास की गति प्रभावित न हो विजयदशमी विजयदशमी पर्व आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया यह पर्व बुराई पर अच्छाई अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है इस अवसर पर राजधानी शिमला के जाख् मंदिर परिसर में रावण मेघनाद व कुम्भकर्ण के पुतलों का दहन किया गया कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे कुल्लू दशहरा इस बीच सप्ताह भर चलने वाला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज से शुरू हो गया है कोरोना महामारी के चलते इस बार दशहरा सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है उत्सव के शुभारम्भ पर आज भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई

भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि अस्थाई शिविर में भगवान के दर्शनों के लिए उचित व्यवस्था की गई है इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने लोगों से उत्सव के दौरान फेस कवर का इस्तेमाल करने और दो गज की सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह किया दूसरी ओर एक संदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की बधाई दी है

वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि कुटलैहड़ की पर्यटन मानचित्र पर अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र में सड़कों के जाल को सुदृढ़ किया जा रहा है

इसकी मंजूरी मिलने पर इन सड़कों का कार्य शुरू कर दिया जाएगा राजिन्द्र गर्ग खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश का बिना किसी भेदभाव के एक समान विकास सुनिश्चित बना रही है घुमारवीं क्षेत्र की बम्म पंचायत में आज जन समस्याएं सुनने के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों बागवानों और युवाओं के कल्याण व उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं बाद में उन्होंने कोट पंचायत में खेलकूद प्रतियोगिता के समापन पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया

राजन सुशांत पूर्व सांसद राजन सुशांत ने आज हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश को स्वावलम्बी बनाने के लिए तीसरे विकल्प की ज़रूरत है